इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चअल माध्याम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे

राज्य में कल सात सौ अठासी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में कल कोरोना से आठ मरीज की मौत हुई हैं मृतकों में रांची से पांच बोकारो से एक और धनबाद से दो मरीज शामिल हैं जबकि कोरोना से एक सौ उनचास मरीज ठीक हुए हैं

इनमें पांच हजार दो सौ चौवालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बीस हजार आठ सौ बहत्तर मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार एक सौ तीस मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत है

रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर विशेष कैम्प लगाकर कोविड टेस्टिंग की जा रही है कल सेल सिटी और मेकॉन टाऊनशिप में विशेष कैम्प लगाकर कोविड टेस्टिंग की गई इन इलाकों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ही एहतियात के तौर पर टेस्टिंग करवाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके

खादगढ़ा आईटीआई बस स्टैंड रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में लगातार कोविड टेस्टिंग की जा रही है

जिले में अभी तक क्ले एक हजार आठ सौ तेईस मामले मिले जिसमें सौ एक्टिव केस हैं जबकि एक हजार सात सौ बारह मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं

प्रिंसिपल जज ने इस बाबत आदेश जारी किया है अधिवक्ताओं से भी केवल बहुत जरूरी मामलों में ही ई फाइलिंग या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से आवेदन देने कहा गया है दुमका जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है

गुमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुवा ने जिला मुख्यालय स्थित बस पड़ाव और पटेल चौक में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गोड़डा जिले में कोविड टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं

माओवादी हमले के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए श्री शाह छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पर हैं

श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ राज्य में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और बाद में बासागुडा सी आर पी एफ कैम्प जायेंगे और सुरक्षा बल के जवानों तथा पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगे केन्द्रीय मंत्री घायल जवानों से मिलने के लिए राजधानी रायपुर भी जायेंगे तेरह घायल जवान विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हए नक्सली हमले के बाद झारखंड में विशेष अलर्ट जारी किया गया है झारखंड में नक्सल अभियान में लर्गे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है झारखंड से सटे ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने बताया कि झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ कई स्थानों पर अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में जवानों को जिस तरह से ट्रैप किया गया इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के तरफ से अभियान में लगे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है

श्री मोदी सुबह साढे दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे इस अवसर पर पार्टी देश में सभी बुथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीति और नरेन्द्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे

जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कला संस्कृतिक खेलकूद मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन भव्य तरीके किया जाता है लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में काफी फेरबदल किया गया है राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सहयोग से इस सांस्कृतिक परंपरा को इस वर्ष वर्ष भी प्रारंभ किया गया है जिसमें पहले दिन भैरव पूजा का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर कला केंद्र के निर्देशक तपन कुमार पटनायक और सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे चड़क पूजा में प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे गोड्डा जिले में अगलगी की घटनाएं बढ़ रही है

आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है मेहरमा के अंचल पदाधिकारी ने बताया कि क्षति का आकलन कराया जाएगा साहिबगंज जिले मे आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तीन दिवसीय आयोजन संपन्न हो गया

महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सौरभ गांगुली ने आईपीएल के बारे में यह पुष्टि की लॉकडाउन के दौरान बसें रेलगाड़ियां और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी

गुमला जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने जिले वासियों से अंधविश्वास से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में आकर कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लें